मोकामा से निर्दलीय विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर उनके संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी है बिहार के साथ साथ झारखंड में भी छापेमारी चल रही है कल एसआईटी ने झारखंड के हजारीबाग के बरही में छापेमारी की पटना के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के के मिश्र ने बताया कि अनंत सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जायेगा अनंत सिंह के पैतृक आवास से एके सैंतालीस राईफल और हैंड ग्रेनेड की बरामदगी के बाद से वे फरार चल रहे हैं श्री मिश्र ने बताया कि इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पत्र लिखा जायेगा इधर पुलिस ने अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी पर भगोड़ा छोटन सिंह को शरण देने के मामले में सचिवालय थाने में एक केस दर्ज करवाया है सिटी एसपी विनय कुमार ने बताया कि इस मामले में उनकी पत्नी को थाना से बेल मिल गया है उन्होंने बताया कि अनंत सिंह के खिलाफ आज अदालत से गिरफ्तारी वारंट मिल सकता है जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी वहीं इस मामले की एनआईए ने जांच शुरू कर दी है टीम के सदस्यों ने बरामद एके सैंतालीस राईफल का मुआयना किया सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार जांच के दौरान इस बात की प्रष्टि हुई है कि बरामद राईफल जबलपुर आयुध फैक्ट्री से निर्मित है इस बात की भी जांच चल रही है कि विधायक के पास यह हथियार कैसे पहुंचा दूसरी तरफ अनंत सिंह ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि वे कहीं भागे नहीं है और जल्द ही आत्मसमर्पण कर देंगे पटना जीपीओ में करोड़ों रूपये की हुई हेराफेरी की जांच से संबंधित दस्तावेज सीबीआई को सौंप दिये गये हैं डाक विभाग के बिहार सर्किल के पोस्ट मास्टर जनरल एम ई हक ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि इस घोटाले में शामिल पांच कर्मियों को अब तक निलंबित किया जा चुका है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावितों की तरह ही सूखा पीड़ितों को भी सहायता उपलब्ध करायेगी पटना में बाढ़ और सुखाड़ की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सूखा प्रभावित क्षेत्र के किसानों को मिशन मोड में डीजल अनुदान उपलब्ध कराने का निर्देश दिया उन्होंने वैकल्पिक फसल योजना बनाने का भी निर्देश दिया है मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से हर पंचायत में जल्द से जल्द सूखे की स्थिति का आकलन कराने को कहा जिससे सूखा प्रभावितों को शीघ्र राहत उपलब्ध करायी जा सके वित्त मंत्रालय ने बीमा कम्पनियों से बाढ़ प्रभावित राज्यों में बीमा धारकों के दावों के निपटारे में तेजी लाने का निर्देश दिया है मंत्रालय ने बीमा कम्पनियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना समेत विभिन्न पॉलिसियों के तहत दावों का निपटान सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया है इस संबंध में कम्पनियों से साप्ताहिक आधार पर प्रगति रिपोर्ट बीमा नियामक प्राधिकरण इरडा को सौंपने को कहा गया है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में ई रिक्शा को भी शामिल कर लिया गया है ई रिक्शा की खरीद पर पचास प्रतिशत या अधिकतम सत्तर हजार रूपये का अनुदान सरकार की ओर से दिया जायेगा परिवहन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है औरंगाबाद के नवीनगर स्थित नये ताप विद्यूत संयत्र से इस महीने के अंत तक बिजली का उत्पादन शुरू हो जायेगा एनटीपीसी के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पच्चीस अगस्त को इसका विधिवत उद्घाटन हो सकता है बिहार के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा वे राज्य के पहले दिव्यांग खिलाड़ी है जिन्हें इस सम्मान के लिए चुना गया है प्रमोद ने जकार्ता में हुये पारा एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था इसके अलावा फाजा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था प्रमोद भगत हाजीपुर के रहने वाले हैं और अभी स्वीट्जरलैंड में एक प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखा रहे हैं अर्जुन पुरस्कार के लिए चयनित होने पर उन्हें खेल जगत से जुड़े लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान पटना गया जहानाबाद और वैशाली सहित प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश की सम्भावना जतायी है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार गया के ऊपर से अभी टर्फ लाईन गुजर रही जिसके प्रभाव से दक्षिण बिहार में अच्छी बारिश की उम्मीद है गया और आसपास के इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र अभी कुछ दिनों तक बना रह सकता है इधर पटना में पिछले दो दिनों के भीतर दस सेंटीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गयी है मूजफ्फरपूर जिले के बरूराज थाना क्षेत्र अन्तर्गत ध्मनगर बखरी गांव के पास तिरहुत मुख्य नहर का तटबंध टूट जाने से लगभग डेढ़ सौ घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय सिंह ने बताया कि प्रभावितों को ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है प्रदेश के सात जिलों में पन्द्रह अक्टूबर तक वज्रपात चेतावनी प्रणाली काम करने लगेगी आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि पटना सासाराम नवादा खगड़िया पूर्णियां पूर्वी चम्पारण और दरभंगा जिले में पहले चरण के तहत इस प्रणाली की स्थापना की जानी है प्रदेश के सभी शिक्षण और तकनीकी संस्थानों में वर्षा जल संचयन प्रणाली का निर्माण होगा उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुये कहा कि इन संस्थानों को ग्रीन कैम्पस से भी जोड़ा जायेगा साथ ही वर्ष दो हजार बाईस तक सभी शैक्षणिक संस्थानों में सौर ऊर्जा संयत्र की भी स्थापना की जायेगी प्रदेश के प्रस्तावित पहले भूकंप अध्ययन केन्द्र की एक कड़ी के रूप में पटना साइंस कॉलेज में रेडॉन जियो स्टेशन की स्थापना की गयी है मुम्बई के भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के सहयोग से स्थापित इस केन्द्र से भूकंप संबंधी गतिविधियों की निगरानी हो सकेगी बक्सर जिले के बगेन गोला थाना क्षेत्र से पुलिस ने पांच हजार तिरसठ लीटर शराब बरामद की है मौके से एक चारपहिया वाहन भी जब्त किया गया है वहीं मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र अन्तर्गत मधुबन बांध के पास से लगभग उन्नीस सौ लीटर शराब बरामद की गयी इधर पटना जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने नौ तस्करों को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया है चौंतीसवें ऑल इंडिया डाक शतरंज प्रतियोगिता की आज से पटना के पाटलिप्त्र खेल परिसर में शुरूआत होगी इस आयोजन में सत्रह राज्यों के सौ से अधिक शतरंज खिलाड़ी भाग ले रहे हैं गूजरात में बाईस से चौबीस अगस्त तक होने वाली सोलहवीं राष्ट्रीय रॉल बॉल प्रतियोगिता के लिए बिहार पुरूष और महिला टीम की घोषणा कर दी गयी है भागलपुर जिले में कहलगांव एनटीपीसी की केंद्रीय औधोगिक सुरक्षा बल की इकाई के भर्ती केंद्र पर दूसरे के बदले शारीरिक परीक्षा देने आये पच्चीस फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है भोजपूर जिले के नवादा थाना क्षेत्र के डीएम कोठी रोड में अपराधियों ने एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष सहित दो को गोली मारकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र अन्तर्गत विषहरी स्थान के पास अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी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 हिन्दुस्तान लिखता है मुख्यमंत्री ने पांच घंटे से अधिक की बाढ़ और सुखाड़ की समीक्षा दिये कई निर्देश दैनिक जागरण ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है पाकिस्तान से अब सिर्फ गुलाम कश्मीर पर होगी बात दैनिक भास्कर की सुर्खी है अनंत सिंह पर एक और केस लुकआउट नोटिस की तैयारी विधायक के विदेश भागने का शक प्रभात खबर ने लिखा है जेटली की हालत अब भी नाजुक भागवत देखने पहुंचे एम्स राष्ट्रीय सहारा लिखता है हिमाचल में बारिश का कहर बाईस लोगों की मौत आज की सुर्खी है केबल टीवी और डीटीएच बिल जल्द हो सकते हैं कम